एफएओ के साथ भारत की दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह आयोजन कृषि और पोषण को सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता का प्रतीक होगा

परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कल शिमला से जारी एक बयान में कहा कि इन रूटों में चण्डीगढ़ लुधियाना हरिद्वार जालंधर अमृतसर पठानकोट रोपड़ सनवाल देहरादून और अम्बाला कैंट शामिल हैं

अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से जहां राज्य में पर्यटन व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद है वहीं लोगों को अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए टैक्सी का भारी भरकम किराया भी नहीं देना पड़ेगा परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम ने कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बसों में सभी एहतियाती उपाय किए हैं और सिर्फ नॉन एसी बसों का संचालन किया जा रहा है

बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम कोरोना महामारी के कारण स्कूली विद्यार्थियों व अभिभावकों को हो रही परेशानी को कम करने के दृष्टिगत लिया गया है बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यो और मुख्यध्यापकों को पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करने को भी कहा है

विद्यालय के प्रधानाचार्य अरूण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी पंजीकृत अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि यदि अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को निश्चित समयावधि के भीतर पुनःस्थापित नहीं किया गया तो कांग्रेस आन्दोलन करेगी राठौर कल शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने भाजपा पर अटल टनल रोहतांग को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

गुड़िया प्रकरण से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है पीड़ित परिवार पहुंचा हाईकोर्ट रि इन्वेस्टीगैशन की लगाई गुहार दैनिक जागरण के शब्द हैं इंसाफ के लिए हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार कैबिनेट से जुडी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है कैबिनेट में ही होगा स्कूलों पर फैसला पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री के हवाले से लिखा है समी की सहमति होने पर ही खुलेंगे हिमाचल के स्कूल निजी स्कूलों के दबाव में पूरी फीस लेने की तैयारी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है शिक्षा निदेशालय ने सरकार से अन्य फंड पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा